ब्रलेटिन की श्रूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रचार अभियान के अंतिम दौर में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं पहले चरण में सोलह जिलों की इकहत्तर सीटों के लिए अट्ठाईस अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे

जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में चुनावी सभा में महागठबंधन पर हमला करते हुये कहा कि राजद की सरकार में बिहार की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपी नहीं है

उन्होंने कहा कि बिहार वापस आए सभी लोग फिर से प्रदेश से बाहर जाने को बाध्य हो रहे हैं श्री बघेल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में रोजगार के अवसर देगी और किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है इधर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में उन्नीस लाख नौकरियों के घोषणा से स्पष्ट है कि भाजपा जदयू को किराने कर बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चूनाव में एक हजार दो सौ आठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गये हैं नामवापसी के अंतिम दिन कल इकतालीस प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिये इस चरण के लिए पन्द्रह जिलों के अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सात नवम्बर को होगा इस चरण के लिए जांच में एक हजार दो सौ उनचास नामांकन वैध पाये गये थे तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक अट्ठाईस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वहीं ढाका बहादुरगंज त्रिवेणीगंज और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में नौ नौ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में दस लाख रोजगार देने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया गया है इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को प्रति माह डेढ़ हजार रूपये का भत्ता दिया जायेगा

पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि राजद ने कभी अपने वादों को पुरा नहीं किया है उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राज्य के लोगों को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के पिछले पन्द्रह वर्ष के शासनकाल में युवाओं को कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गईं भाजपा नेता ने कहा कि एनडीए ने हमेशा अपने वादों को प्रा किया है और वह उन्नीस लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है इधर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया में घोषणा पत्र जारी करते हये कहा कि किसानों का कर्ज माफी उनकी पार्टी के लिये सबसे बड़ा मुद्दा है उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने का भी वादा किया है वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने वचन पत्र नाम से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र क्शवाहा ने कहा कि शिक्षा में सुधार उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी सरकार आती है तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जायेगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है विधानसभा चूनाव में तैनात केन्द्रीय बलों की तैयारियों की आज पटना में समीक्षात्मक बैठक की गयी इस बैठक में सीआरपीएफ के मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी केन्द्रीय बलों के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है बैठक में केन्द्रीय पूलिस बलों की तैनाती और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष रूप से चर्चा की गयी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में अब तक तीन सौ तीस मामले दर्ज किये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चूनाव सम्पन्न कराने के लिए तीन लाख दस हजार तीन सौ नौ लोगों से बांड भरवाया गया है राज्य में सघन जांच अभियान के दौरान अब तक उन्नीस करोड़ अंठानवे लाख रूपये नकद जब्त किया है वहीं पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से पांच लाख रूपये नकद बरामद किया है इस सिलसिले में वाहन में सवार लोगों से प्रछताछ की जा रही है

कुछ विधान सभा क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन ने नये चेहरों को भी जगह दी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से चुनाव लड रहे हैं उनके खिलाफ मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल ने विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को चुनावी मुकाबले में उतारा है भाजपा के कब्जे में लंबे समय से बनी हुई गया टाउन सीट पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार आठवीं बार जीत के लिए प्रयासरत हैं कांग्रेस ने उनके खिलाफ गया के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है

बोधगया निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने अपने प्रत्याशी को ही बदल दिया है इस बार पार्टी की ओर से पूर्व सांसद हरि मांझी प्रत्याशी हैं जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने बोधगया सीट से मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत को फिर से मौका दिया है शेरघाटी विधान समा क्षेत्र में मौजूदा विधायक विनोद प्रसाद यादव जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मुकाबले में हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने मंजू अग्रवाल को टिकट देकर एक नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है लोक जनशक्ति पार्टी से मुकेश कुमार यादव को चुनाव में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है जनता दल यूनाइटेड ने अतरी विधान सभा क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी को टिकट दिया है वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक कृंती देवी के पुत्र अजय यादव उर्फ रंजीत यादव को मुकाबले में उतारा है बेलागंज सीट का पिछले तीस साल से प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव के मुकाबले एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड के अभय कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है वजीरगंज गुरुआ बाराचट्टी और टेकारी विधान सभा क्षेत्र में भी उम्मीदवारों को टिकट देने में विमिन्न दलों ने सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है आकाशवाणी समाचार के लिए कमल नयन के साथ पटना से कल्पना झा बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं श्री फडणवीस ने एक टि्वट में स्वयं इसकी जानकारी दी उन्होंने हाल में अपने सम्पर्क में आये लोगों को सलाह दी है कि वे अपना कोविड उन्नीस टेस्ट करा लें वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं सांसद के निजी सहायक और अंगरक्षक भी संक्रमित पाये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख निन्यानवे हजार तीन सौ इक्कीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव तीन छह प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चौवन लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख ग्यारह हजार चार सौ तैंतालीस हो गया है शारदीय नवरात्रि अनुष्ठान में आज देवी दुर्गा के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं राजधानी पटना समेत राज्यभर के मंदिरों में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्तियों के समक्ष विशेष पूजा के लिये महानुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी है

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पहले चरण के चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार जारी